वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करेंगें केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजीजू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस समारोह में भाग लेंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज मनाली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनाली विधानसभा क्षेत्र के लिए छः बड़ी परियोजनाओं की आधारशिलाएं भी रखेंगे इससे पहले जयराम ठाकुर अटल टनल रोहतांग और लाहौल में सिस्सु हेलीपैड का निरीक्षण करने अलावा बीआरओ के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे

ये कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है गरीब अफसरों के बीपीएल कार्ड रदद कोटे से किसी ने नौकरी तो नहीं पाई होगी जांच

आबकारी अधिकारी मनाली सस्पेंड शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है प्रदेश सरकार को साढ़े तीन लाख का चूना लगाने का प्रयास आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है कोरोना नहीं रोक पाएगा विकास की गति

पंजाब केसरी की एक खबर है ऑडियो केसः बिंदल को क्लीन चिट अदालत में होगा चालान पेश

आपका फैसला की खबर है सोलन नगर निगम बनने से करवट लेगी भाजपा की राजनीति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

नमस्कार